पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और अध्यापक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों के उत्तर देंगे और चुनिंदा विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से उबरने के बारे में विचार विमर्श करेंगे पिछले वर्ष जनवरी में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से अपने जीवन में तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल के बारे में बातचीत की थी आज भी जो मैं दुनिया के इतने देशों के साथ और देश के लोगों से बात कर रहा हूं उसका कारण टेक्नॉलोजी का उपयोग है तो एक ही चीज के दो अच्छे पहलू होते हैं एक किसी को बहुत सीमित कर देता है तो दूसरे को बहुत विस्तृत कर देता है आप उसके साथ बैठिए उसको आप कमी काम दीजिए कि मैंने सुना है कि नोर्थ ईस्ट में एक ऐसा चावल पकाते हैं देखो बेटा ढूंढ कर मुझ बताओं कैसे बनता है वो चावल तो उसको लगेगा मां मुझे टेक्नॉलोजी की मदद से चावल पकाने का नागालैंड की पद्वति क्या है वो सिखाना चाहती हैं वो टेक्नॉलोजी आप दोनों को जोड़ने का कारण बन सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में दुष्प्रचार करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रही हैं उन्होंने कहा कि ऐसे में हर जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संशोधित नागरिकता कानून के वास्तविक तथ्यों से लोगों को अवगत कराए श्री योगी आज गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कालेज के मैदान में नागरिकता संशोधन कानुन के प्रति समर्थन जुटाने के लिए भाजपा की रैली को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नागरिकता संशोधन कानुन किसी की भी नागरिकता नहीं छीनता उन्होंने कहा कि यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है मुख्यमंत्री श्री योगी ने पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताडित हिंदू सिख बौद्द जैन पारसी और ईसाई समुदाय के अल्पसंख्यकों के कष्टों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास उन्नीस सौ पचास के दशक में नागरिकता कानून बनाने के समय पड़ोसी देशॉ के अत्यसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का विकल्प था लेकिन उसने जान बुझकर ऐसा नहीं किया श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से कांग्रेस की इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उमरते नए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं

उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को भारतीयता सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अभिव्यक्ति बताया रैली में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आज देश भर में पांच वर्ष तक की आयु के करोड़ों बच्चों को पोलियोरोधी दवा की खुराक पिलायी गयी प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत बच्चों को पोलियोरोधी दवा दी गयी मऊ में जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने डोमनप्रा में बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का श्भारम्भ किया अभियान के अन्तर्गत चौबीस जनवरी तक स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलायेंगे बलिया में जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर प्रीतम मिश्र ने जिला महिला चिकित्सालय प्रांगण में पल्स पोलियो अभियान का श्मारम्भ किया क्शीनगर में पांच साल तक की उम्र के लगभग तीन लाख बच्चों को पोलियोरोघी दवा पिलायी गयी अभियान में छूट गये बच्चों को स्वास्थ्यकर्मी कल से घर घर जाकर दवा की खुराक पिलायेंगे जिले में छः लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जौनपुर में ग्राम पंचायत उपचुनाव की अधिसुवना जारी कर दी गई है जनपद में प्रधान पद के तीन बीडीसी के एक और ग्राम पंचायत सदस्यों के इक्यावन खाली पदों पर उपचुनाव होना है जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने बताया कि तेईस व चौबीस जनवरी को सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे तीन फरवरी को मतदान होगा और पांच फरवरी को मतगणना की जाएगी उपचनाव के लिए अटठाइस जनवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और उसी दिन चनाव विन्ह आवंटित किए जाएंगे गणतंत्र दिवस के मददेनजर प्रदेश के महाराजगंज सिद्वार्थनगर बलरामप्र श्रावस्ती बहराइच लखीमप्र खीरी और पीलीमीत जिले से लगी पड़ोसी देश नेपाल की सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है अंतरराष्ट्रीय सीमा की निगरानी के लिए सशस्त्र सीमा बल दोनों ओर से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रख रहे हैं सीमा पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए खोजी कृत्तों की भी मदद ली जा रही है